ये बस नवबहार स्थित निजी स्कूल चैल्सी के लिए रवाना हुई थी डीएसपी शिमला दिनेश शर्मा ने बताया है चालक सहित तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं उन्होंने कहा कि घायल बच्चों को आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया है दिनेश शर्मा ने बताया कि राहत व बचाव कार्य जारी है और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में जुटे हैं पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में कमी को देखते हुए ऐसा किया गया है नई दरें आज से लागू होंगी जीएसटी वस्तु और सेवा कर जीएसटी की आज दूसरी वर्षगांठ है

वित्तीय और कंपनी मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में इस मौके पर आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जीएसटी पर एक पुस्तक भी जारी की जाएगी जल शक्ति अभियान जल संचय और संरक्षण के उपायों में तेजी लाने के लिए आज से देशभर में जल शक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है इस कार्यक्रम का उद्देश्य पानी बचाने और सिंचाई के दौरान इसका किफायती इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है इसके अंतर्गत परिसम्पत्ति निर्माण और जागरूकता अभियान पर बल दिया जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे देश में राष्ट्रीय संसाधन के सरंक्षण के उपायों की योजना बनाने के लिए अपर और संयुक्त सचिव स्तर के ढाई सौ से अधिक अधिकारियों को पानी की कमी वाले जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है

स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि वेलनेस सेंटर से ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आएगा

इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्री जनमंच कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं शिमला ज़िले के कुपवी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे उपायुक्त अमित कश्यप ने स्थानीय लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेने की अपील की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल की सड़कें अब दूसरे राज्यों के इंजीनियर करेंगे पास प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों के चलते प्रदेश सरकार का फैसला

हिमाचल में ऐप रोकेगी नशा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है ड्रग्स फ्री हिमाचल पर नशा बेचने वालों के खिलाफ दर्ज करवा सकेंगे शिकायत

अजीत समचार मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने हेतु प्रतिबद्ध जबकि हिमाचल दस्तक के मुताबिक हिमाचल को नशामुक्त बनाने का प्रयास

अमर उजाला की एक खबर है चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस को भेजीं दो गाड़ियां हो गई गायब विधानसभा चुनाव के डेढ़ साल बाद भी हाईकमान के पास नहीं पहुंचीं गाड़ियां

आयुर्वेद विभाग घोटाले में दर्ज होगी एफआईआर दैनिक जागरण की एक खबर है

मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है आज फिर बिगड़ेगा मौसम बारिश बर्फबारी के आसार